रोहतास सारण और कटिहार जिले में अपराधियों ने बारह लाख रूपये लूटे

निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर यह दावा खारिज कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है आयोग ने कहा है कि वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फुलप्रफ होने के तथ्य पर कायम है आयोग का यह बयान लंदन में ईवीएम की हैकिंग पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के मद्देनजर आया है आयोग ने कहा कि वह दुर्भावना से प्रेरित ऐसे सम्मेलनों में शामिल होने से हमेशा दूर रहा है और वह ईवीएम में किसी तरह की खामी नहीं होने के तथ्यों पर अडिग है आयोग ने यह भी कहा कि वह इस बारे में अलग से जांच कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ दिखाने के किसी आयोजन के खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इधर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने भारत के उस साइबर विशेषज्ञ के दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि दो हजार चौदह के आम चुनाव में ईवीएम से छेड़खानी की गयी थी उन्होंने ऐसे दावों को पूरी तरह निराधार बताया रोहतास सारण और कटिहार जिले में लूट की हुई अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने बारह लाख रूपये लूट लिये रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डेहरी राजपुर पथ पर अपराधियों ने गैस एजेंसी के एक कर्मचारी से चार लाख रूपये लूट लिये वहीं सारण जिले के मानपूर गांव में अपराधियों ने हथियार के बल पर ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से चार लाख रूपये लूट लिये दूसरी तरफ कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसा गांव में अपराधियों ने एक निजी फाईनेंस कंपनी के कर्मचारी से लगभग चार लाख रूपये लूट लिये कर्मचारी बैंक में रूपये जमा कराने जा रहा था तभी पहले से घात लगाये अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया आम्रपाली ग्रूप आफ कंपनीज की मूजफ्फरपूर स्थित मॉल सहित तीन संपत्तियों की नीलामी की जायेगी ऋण वसूली ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया है इस नीलामी से दो हजार पांच सौ चौवन करोड़ रूपये आने का अनुमान है इस राशि से कंपनी में निवेश करने वाले लोगों के लिए घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी कंपनी की बाकी संपत्तियों की नीलामी पर सुनवाई अठाईस जनवरी को होगी पटना और प्रयागराज के बीच बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि देश के बारह रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है उन्होंने बताया कि सर्वे में बुलेट ट्रेन का रूट यात्रियों की संख्या दो स्टेशनों के बीच की दूरी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और जमीन की गुणवत्ता तथा उपलब्धता का आकलन किया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत राज्य के पैंतीस जिलों में बेस लाईन सर्वे में चिन्हित परिवारों में शत प्रतिशत शौचालय का निर्माण करवा दिया गया है वहीं वैशाली में बारह अररिया में एक सौ छियासठ और कटिहार जिले में चार हजार चार सौ पैंसठ परिवारों में शौचालय निर्माण का कार्य शेष है दस लाख रूपये से अधिक खर्च कर मकान दुकान या अपार्टमेंट बनाने वाले को अब एक प्रतिशत श्रमिक अधिभार देना होगा राज्य सरकार इसकी वसूली के लिए नगर निकायों और रेरा की मदद लेगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने युवाओं से अपनी योग्यता प्रतिभा और नवाचार से राज्य की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने जलवायु परिवर्तन और जल संकट जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढने की अपील की है श्री मुखर्जी पटना में एल एन मिश्रा न्यू इंडिया चेंज मेकर अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि युवा देश को नई दिशा दे सकते हैं समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है श्री मोदी ने कहा कि भारत पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति के लाभ से वंचित रहा और तीसरी का भी समुचित लाभ नहीं उठा पाया लेकिन अब युवा शक्ति की बदौलत चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने में सक्षम हैं म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल ने मुजफ्फरपुर स्थित ब्रजेश ठाकुर के आश्रय गृह को तोड़ने का आदेश रद्द कर दिया है ट्रिब्यूनल ने आश्रय गृह तोड़ने के आदेश को निरस्त करते हुए मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त को नये सिरे से घर के मालिक का पक्ष सुनने का आदेश दिया है पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर ट्रिब्यूनल इस मामले का सुनवाई कर रहा था पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज शाम से हल्की ब्रंदाबांदी की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है विभाग ने कहा है कि पश्चिम चंपारण सीवान सारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीतामढ़ी मध्बनी मुजफ्फरपुर वैशाली और शिवहर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है मौसम के रूख में इस बदलाव के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की कमी आने की संभावना है दरभंगा जिले के गौड़ा बौराम के किरतपुर और महेषी अंचल में गेहूमा नदी का पानी खेतों में पहुंच जाने से सैंकड़ों एकड़ जमीन में लगी गेहूं और मक्के की फसल डूब गयी है बिरौल के एसडीओ ब्रजकिशोर लाल ने बताया कि मछली मारने के लिए नदी को बांध दिये जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई है उन्होंने कहा कि किसानों को हुई क्षति का आकलन करवाया जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है स्कूलों के प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध करायें बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सेंटअप परीक्षा में अनुतीर्ण और अनुपस्थित छात्रों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा श्री किशोर ने बताया कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर जाने पर रोक रहेगी परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में सिर्फ कलम ही ले जा सकते हैं परीक्षा छह फरवरी से शुरू हो रही है गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र के धनेता गांव से नक्सलियों ने तीन ग्रामीणों का अपहरण कर लिया है वहीं दो ग्रामीणों के घरों में ताले जड़ दिये हैं पुलिस ने बताया कि अपहृत लोगों की सकुशल बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पटना के दीघा मोड़ के पास एक कार से दस किलो अफीम बरामद की है ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक त्रिलोक नाथ सिंह ने बताया कि मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है श्री सिंह ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर पंजाब के रहने वाले हैं दोनों अफीम लेकर मणिपुर के सेनापति से पंजाब जा रहे थे समस्तीपुर जिला किशोर न्याय परिषद न्यायालय ने हत्या के एक ढाई साल प्राने मामले में तीन किशोरों को ढाई ढाई वर्ष जेल की सजा सुनाई है वहीं नवादा जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आठ साल कैद की सजा सुनायी है सहरसा जिले के सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र के भरौली गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने एक सौ चौरासी कार्टन शराब बरामद की है बरामद शराब की कीमत लगभग अठारह लाख रूपये बतायी जाती है मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है भोजपुर जिले के कोइलवर से पटना पुलिस ने हाई वे पर गाड़ी लूटने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है पटना के पाटलिप्त्र खेल परिसर में आयोजित तीसवीं कर्पूरी ठाकुर राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार ने जीत के साथ अपनी शुरूआत की है बालक वर्ग में बिहार की टीम ने जम्मू कश्मीर को सड़सठ इक्कीस से पराजित किया बालक वर्ग के अन्य मैचों में तेलंगाना ने चंडीगढ़ को विदर्भ ने बंगाल स्टेट यूनिट को दिल्ली ने पंजाब को और राजस्थान ने उत्तराखंड को पराजित किया वहीं बालिका वर्ग में खेले गये मैचों में दिल्ली विदर्भ उत्तर प्रदेश और गुजरात की टीमें विजेता रही आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है आबादी के अनुरूप हो आरक्षण का प्रावधान कोटा दायरे को बढ़ाने की मांग को जायज बताया दैनिक जागरण ने लिखा है बीकानेर जमीन घोटाला में रॉवर्ट वाड्रा से होगी प्रछताछ दैनिक भास्कर ने सुर्खी है भारत में नौ अमीरों के पास आधी आबादी के बराबर संपत्ति प्रभात खबर लिखता है चार आईएएस का तबादला सुभाष नये विकास आयुक्त राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है लिंगायत संत शिवकुमार स्वामी का निधन आज ने कुंभ मेले से जुड़ी खबर को पहने पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है पौष पूर्णिमा पर एक करोड़ लोगों ने लगायी डुबकी

रोहतास सारण और कटिहार जिले में अपराधियों ने बारह लाख रूपये लूटे